विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने विश्व में जीवन रक्षक टीके लेने वाले बच्चों की गिरती संख्या को लेकर चेतावनी दी है

विश्व स्वास्थ्य संगठन और युनिसेफ के ताजा आकड़ों में बताया गया है कि अधिक से अधिक बच्चों और किशोरों में टीके लगाने में बड़ी मुश्किल से प्रगति हुई थी लेकिन अब इसके विपरीत टीकाकरण में बाधा आने से इस कार्यक्रम को खतरा हो गया है

यह प्रतियोगिता कोरोना से जंग रंगों के संग थीम पर आधारित है

सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को प्रस्कृत किया जाएगा

इस वेबिनार का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति की ओर से किया जा रहा है वेबिनार में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉ दीपक सक्सेना अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं टिड्डी नियंत्रण को लेकर केन्द्र और राज्य सरकार सचेत हैं

पंद्रह ड्रोन के साथ पांच अतिरिक्त कंपनियों को भी कीटनाशकों के छिड़काव से लंबे पेड़ों और द्र्गम क्षेत्रों में टिड़िडयों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में तैनात किया गया है कल बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर बीकानेर चूरू झुंझुनूं पाली और सीकर में गुलाबी और पीले टिड्डों के झुंड सकिय देखे गए

मौसम विभाग ने आज राज्य के डूंगरपुर उदयपुर बांसवाडा सिरोही जालौर और राजसमंद जिलों में भारी बारिश तथा कई जिलों में तेज हवाए चलने की संभावना जताई है

धौलपुर में आ तेज बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली हमारे संवाददाता ने बताया कि ये बारिश किसानों के लिए फायदेमंद है कल रात जालौर में भी कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई और अब आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की विशेष अपील श्रोताओं कोरोना से बचाव ही इसका सबसे कारगर उपचार है इसीलिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहने और दो गज की दूरी बनाए रखें बार बार हाथ धोयें या सेनेटाइजर से साफ करें